शॉपिंग मॉल मार्केट कॉपलेक्स बंद रहेंगे प्रदेश में कोरोना संक्रमण से एक सौ अठासी लोग हुए स्वस्थ

और बुद्ध पूर्णिमा श्रद्धा और उल्लास के वातावरण में मनायी जा रही है

सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इलेक्ट्रोनिक्स पंखा एसी और कूलर की दुकानों के साथ मोबाईल कम्प्यूटर लैपटॉप बैटरी और यूपीएस की दुकानों को भी खोलने का आदेश दिया गया है इन सभी उपकरणों की मरम्मत से जुड़ी दुकानें भी खुलेंगी गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमीर सुबहानी ने बताया कि सरकार का यह आदेश कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगा मार्केट कॉपलेक्स और शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे उन्होंने कहा कि दुकानों को खोलने के लिए कुछ शर्ते लगायी गयी है जिनका पालन दुकानदारों को करना होगा अन्यथा दुकानों को बंद करा दिया जायेगा श्री सुबहानी ने कहा कि ऑटो मोबाईल्स स्पेयर पार्टस की दुकान एक दिन बीच करके खोली जा सकती हैं जबकि गैरेज वर्कशाप और प्रदूषण जांच केन्द्रों को प्रतिदिन खोलने का निर्देश दिया गया है जिलाधिकारियों को भीड़ भाड़ नियंत्रित करने क लिए व्यवस्था करने को कहा गया है राजधानी पटना में दो तथा शिवहर मध्रबनी भागलपूर और कैमूर में एक एक मरीज के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर पांच सौ बयालीस हो गई है संक्रमितों में से एक सौ अठासी स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत पैंतीस है जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग उनतीस प्रतिशत है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि स्वाब सैंपल जांच रिपोर्ट में पटना के राजाबाजार में एक महिला और अगमकुआं में एक युवक तथा शिवहर जिले में सदर प्रखंड के गढ़वा में एक महिला मध्रबनी के नरार में एक युवक तथा कैमूर के भभुआ में एक युवक कोरोना वायरस से संक्रमित मिले हैं श्री कुमार ने बताया कि बिहार में अबतक कुल बत्तीस जिले कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं एक सौ दो मरीजों के साथ मुंगेर जिला राज्य का बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है उन्होंने बताया कि पिछले साठ दिनों में उनतीस हजार तीन सौ बयासी सैंपल की जांच की गयी है राज्य में कोरोना जांच की क्षमता बढ़ायी जायेगी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि विभाग प्रतिदिन दो हजार पांच सौ सैंपल जांच करने की क्षमता विकसित कर रहा है उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सीबी नेट मशीनों का भी उपयोग किया जायेगा उन्होंने बताया कि केंद्र से तीस ट्रू नेट मशीन भी आ रही है जिसे उन मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में लगाया जाएगा जहां अभी कोरोना संक्रमण की जांच नहीं हो पा रही है इधर देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर बावन हजार नौ सौ बावन हो गयी है इनमें से पन्द्रह हजार दो सौ सड़सठ मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि सत्रह सौ तिरासी लोगों की मृत्यु हुई है केन्द्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में सार्वजनिक परिवहन सेवा को जल्द ही बहाल किया जायेगा उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए गाइडलाइन बना रही है जिसमें कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए शारीरिक दूरी जैसे मानकों का पालन किया जायेगा केन्द्र सरकार ने एल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है विदेश व्यापार कार्यक्रम के अनुसार केंद्र ने तत्काल प्रभाव से सैनिटाइजर की निर्यात नीति से संबंधित चौबीस मार्च की अधिसूचना में संशोधन किया है देश के अलग अलग हिस्सों में लॉक डाउन के कारण फंसे पर्यटकों मजदूरों और छात्रों समेत करीब साढ़े अट्ठाईस हजार लोगों को लेकर चौबीस ट्रेन आज राज्य में पहुंचेंगी सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि जो ट्रेन बिहार पहुंच रही है उनमें गुजरात से आठ महाराष्ट्र और तेलंगाना से पांच पांच राजस्थान से तीन केरल आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा से एक एक शामिल हैं हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि सूरत से सात सौ मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन आज सुबह बरौनी जंक्शन पहुंची सभी यात्रियों की जांच की जा रही है फीचर फोन या लैंडलाइन फोन उपभोक्ताओं के लिए भी अब आरोग्य सेतु आईवीआरएस सेवा शुरू हो गयी है यह टोल फ्री सेवा देशभर में उपलब्ध है इस सेवा के लिए लोगों को एक नौ दो एक नम्बर पर मिस्ड कॉल करनी होगा इसके बाद उस व्यक्ति को फोन किया जाएगा और उसके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी मांगी जाएगी व्यक्ति से वही सवाल पूछे जाएंगे जो आरोग्य सेतु ऐप पर उपलब्ध हैं प्रश्नों के उत्तर के आधार पर नागरिकों को एसएमएस के जरिए उनके स्वास्थ्य की स्थिति बताई जाएगी और भविष्य में अन्य अलर्ट भेजे जाएंगे इधर केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कोविड उन्नीस महामारी की ट्रैकिंग ट्रेसिंग और बचाव के लिए तैयार किया गया आरोग्य सेतु एप पूरी तरह से सुरक्षित है इसमें निजता के अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप में कोई डेटा या सुरक्षा उल्लंघन का मामला नहीं पाया गया है एक एथिकल हैकर द्वारा ऐप में संभावित सुरक्षा मुद्दे को लेकर चिंता जताये जाने के बाद सरकार का यह स्पष्टीकरण आया है राज्य में बनाये गये कई क्वारेंटाइन सेंटरों पर खराब व्यवस्था को लेकर प्रवासी कामगारों ने हंगामा किया नवादा मध्रबनी पश्चिम चंपारण और पटना के अथमलगोला के क्वारेंटाईन सेंटरों पर भोजन नहीं मिलने और कुव्यवस्था का आरोप प्रवासियों ने लगाया गौरतलब है कि राज्य में तीन हजार साठ प्रखंड स्तरीय क्वारेंटाइन सेंटर काम कर रहे हैं जिसमें सत्रह हजार पांच सौ लोग रखे गये हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना लॉक डाउन के दौरान सरकार की ओर से लोगों को पहुंचाई जा रही मदद के संबंध में शिकायत मिलने पर उसकी तत्काल जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आने वाले श्रमिकों के कौशल का सर्वे सही ढंग से हो जिससे क्वारंटाइन अवधि के बाद दिशा निर्देश के अनुरूप उनकी क्षमता का बेहतर उपयोग हो सके क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था में इन श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है उन्होंने कहा कि रोजगार सुजन के कार्यों की भी गहन निगरानी सुनिश्चित की जाय जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अब तक करीब उनतालीस करोड़ लोगों को चौतीस हजार आठ सौ करोड रूपये वितरित किये गये हैं इस वर्ष मार्च में इस पैकेज की घोषणा की गयी थी इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को खाद्यान्न और नकद राशि दी जाती है केंद्र और राज्य सरकारें लगातार इस कार्यक्रम की निगरानी कर रही हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि लाभार्थियों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाने के लिए इस काम में डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है

लॉकडाउन की अवधि में केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सहायता से लोगों का जीवन आसान हुआ है

कोविड उन्नीस महामारी के दौर में लोग अपने खुशी के अवसरों को लोगों की मदद के लिए समर्पित कर रहे हैं इससे असहाय लोगों को मदद हो रही है नवादा जिले के नारदीगंज में एक दंपति ने अपनी शादी की पहली सालगिरह पर पार्टी या अन्य समारोह करने की अपेक्षा लोगों को मदद करना बेहतर समझा शिखा और राहुल कुमार ऐसे ही दंपति हैं

दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के डॉ नरेश गुप्ता ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोरोना वायरस से बचने के लिए स्वच्छता और सुरक्षित दूरी बनाए रखें

हवा में ऐसा तैरता रहता है

जैसे अच्छे साफ कपड़े का आप रूमाल ले लीजिए आप दुपट्टा ले लीजिए

फिल्म अभिनेता अरशद वारसी ने कोविड उन्नीस और लॉकडाउन के मद्देनजर लोगों से घरों में रहने की अपील की है

राज्य सरकार ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के बीच बारिश और ओलावृष्टि की मार झेल रहे किसानों को राहत दी सरकार ने कृषि इनपुट अनुदान के लिए एक सौ इक्यावन करोड़ तिरेपन लाख रुपये की मंजूरी दे दी है मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव दीपक प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी है शिक्षा विभाग ने हड़ताल से लौटे शिक्षकों को फरवरी महीने के कार्य अवधि का वेतन भूगतान का आदेश दिया है विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजा है आज बुद्ध पूर्णिमा है इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उन्हें बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनका महापरिनिर्वाण हुआ था इस अवसर पर सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए बोध गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है हमारे संवाददाता ने बताया कि महाबोधि मंदिर से फेसबुक के माध्यम से पूजा अर्चना किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर अपने संदेश में आज भगवान बुद्ध के बताये रास्ते पर चलकर कोविड उन्नीस महामारी से लडने का आह्वान किया श्री मोदी एक अंतरराष्ट्रीय समारोह को वीडियो कांफ्रेंस के जरिये संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्ध सेवा और समर्पण का पर्याय है उन्होंने कहा कि इस संकल्प के साथ महामारी के दौर में भारत ने भी मानवीयता का परिचय देते हुए सबको मदद की है प्रधानमंत्री ने सभी को इस पावन अवसर की शुभकामनाएं दी बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस अवसर पर प्रदेश के लोगों को बधाई दी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को प्रमूखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है पटना में हफ्ते में तीन दिन खूलेगी इलेक्ट्रॉनिक दुकानें दैनिक जागरण लिखता है देश में जल्द शुरू होगा सार्वजनिक परिवहन दैनिक भास्कर ने कर्नाटक सरकर के बिहारी मजदूरों पर लिये गये निर्णय पर शीर्षक दिया है कर्नाटक ने ट्रेनें रोकी कहा बिहार मजदूर चले जायेंगे तो हमारी फैक्ट्रियां बंद हो जायेगी प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लें

शॉपिंग मॉल मार्केट कॉपलेक्स बंद रहेंगे प्रदेश में कोरोना संक्रमण से एक सौ अठासी लोग हुए स्वस्थ

और बुद्ध पूर्णिमा श्रद्धा और उल्लास के वातावरण में मनायी जा रही है